लोकसभा चुनाव नामांकन प्रदेश में तीसरे चरण के लिए होने वाले सात लोकसभा सीटों के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई इस दौरान एक सौ अड़तीस नामांकन पत्र वैध पाए गए जबकि ग्यारह नामांकन पत्रों को निरस्त किया गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने एक पत्रकारवार्ता में बताया कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल बत्तीस नामांकन दाखिल किए गए थे जिनमें से छब्बीस नामांकन वैध पाए गए उन्होंने बताया कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में सभी सत्ताईस नामांकन वैध पाए गए जांजगीर चांपा में एक भी नामांकन रद्द नहीं हुआ सभी अट्ठारह नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं जबकि सरगुजा में ग्यारह में से दस नामांकन वैध पाए गए श्री साहू ने बताया कि दुर्ग में सत्ताईस में से पच्चीस नामांकन वैध पाए गए हैं दो नामांकन रद्द किए गए रायगढ़ में सभी चौदह नामांकन सही पाए गए हैं जबकि कोरबा में दाखिल किए गए बीस नामांकन पत्रों में से अट्ठारह नामांकन पत्रों को वैध घोषित किया गया है तीसरे चरण के लिए उम्मीदवार सोमवार आठ अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं तीसरे चरण में राज्य की सात सीटों में तेईस अप्रैल को वोट डाले जाएंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है इस बार प्रदेश में मतदाताओं की संख्या एक करोड़ नवासी लाख पचपन हजार से अधिक है उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं फेसबुक व्हाट्सअप ट्वीटर सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर अधिकारियों की बैठक ली गई थी जिसके बाद वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स फॉर जनरल इलेक्शन जारी किया गया है इसके तहत शिकायत मिलने पर तीन घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल एकदिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं श्री मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बालोद जिला मुख्यालय के समीप ग्राम हथौद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री सोनपुर ओडिशा से दोपहर बालोद पहुंचेंगे जहां हथौद गांव में उनकी सभा होगी प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सभा को संबोधित करने के बाद श्री मोदी नई दिल्ली के रवाना होंगे सभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल होंगे

इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के माना विमानतल पर हवाई यात्रियों को मतदान के लिए प्रेरित करने के साथ ही उन्हें इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन ईव्हीएम और वीवीपैट की जानकारी दी जा रही है यात्रियों को ईव्हीएम के इस्तेमाल और मतदान करने के बाद मत की पुष्टि के लिए वीवीपैट मशीन देखने का तरीका भी बताया जा रहा है उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया जा रहा है इससे पहले राज्य विधानसभा के चुनाव में इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है ईव्हीएम और वीवीपैट के बारे में लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए जगह जगह इनका प्रदर्शन किया जा रहा है उधर कोंडागांव जिले के विकासखंड फरसगांव के कोनगुड़ में कल स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर कलेक्टर ने ग्रामीणों को सुगम सुघ्घर और समावेशी मतदान का महत्व बताया निर्वाचन अवकाश भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए औद्योगिक व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखा है आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए आयोग ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर नियोक्ता पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके नियम के तहत वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे जिनका नाम अन्य निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज है

वहीं एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है घटना की पुष्टि करते हुए आईजी आनंद छाबड़ा ने बताया कि आज तड़के सीआरपीएफ के जवान सर्चिंग के लिए निकले थे इसी दौरान खल्लारी थाना क्षेत्र के बोराई के जंगल में घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल हरीश चन्द्र पाल शहीद हो गए वहीं एक अन्य जवान सुधीर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं श्री छाबड़ा ने बताया कि घटना के बाद इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है अतिरिक्त पुलिस बल घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवादी मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान की शहादत पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने हमले में घायल जवान को बेहतर इलाज सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं गौरतलब है कि कल कांकेर जिले के पखांजूर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के चार जवान शहीद हो गए थे इस बीच आज कांकेर जिले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना कर दिया गया इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर के माना स्थित चतुर्थ बटालियन परिसर में बीएसएफ के शहीद जवानों के पार्थिव शरीर में पृष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी बीएसपी दुर्घटना भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप एसएमएस में आज हुए विस्फोट से नौ कर्मचारी घायल हो गए हैं घायलों में आठ नियमित कर्मचारी और एक ठेका श्रमिक शामिल है मिली जानकारी के अनुसार संयंत्र के एसएमएस के फर्नेस में अचानक लगातार तीन विस्फोट के बाद मेटल छिटकने से संयंत्र के अंदर अफरा तफरी मच गई इस हादसे में नौ कर्मचारी घायल हो गए घायलों को सेक्टर नौ अस्पताल में भर्ती कराया गया है लोकसभा चुनाव विशेष बुलेटिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आगामी आठ से चौबीस अप्रैल तक विशेष समाचार बुलेटिन और कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे इस दौरान वर्तमान में प्रसारित किए जा रहे हिन्दी और छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के अलावा सुबह नौ बजकर दस मिनट से नौ बजकर बीस मिनट तक दस मिनट के लिए तथा दोपहर दो पचपन से तीन बजे तक पांच मिनट के लिए विशेष हिन्दी बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा

वहीं हिन्दी एफएम हेडलाइन प्रत्येक दिन तीन बार सुबह नौ बजकर अंठावन मिनट ग्यारह बजकर पांच मिनट और शाम पांच बजकर पांच मिनट पर प्रसारित की जाएगी इसी तरह छत्तीसगढ़ी एफएम हेडलाइन भी शाम पांच बजकर सात मिनट पर प्रसारित होगी इनके अलावा प्रत्येक बुधवार को रात्रि नौ बजकर सोलह मिनट से नौ बजकर तीस मिनट तक लोकसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा ये सभी चुनाव पर आधारित विशेष हिन्दी और छत्तीसगढ़ी बुलेटिन आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रसारित किए जाएंगे और छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र इन्हें एक साथ रिले करेंगे चैत्र नवरात्र मां शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र कल से शुरू हो रहा है नवरात्र को लेकर देवी मंदिरों में और प्रदेश की शक्तिपीठों में जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं नवरात्र के पहले दिन देवी के नौ रूपों में प्रथम देवी शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश स्थापित करने की भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं डोंगरगढ़ रतनपुर चन्द्रपुर खल्लारी और दन्तेवाड़ा की शक्तिपीठों में भी नवरात्र की तैयारियां अंतिम दौर में हैं इस वर्ष देवी मंदिरों में हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्जवलित किए जाएंगे गौरतलब है कि चैत्र नवरात्र का पहला दिन हिन्दू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नव संवत्सर नवरात्र गुड़ी पड़वा उगादी और चेट्रीचंड के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा है कि नवरात्र का पर्व प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय होगा और सुख समृद्धि लेकर आएगा

घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है